डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर कल सागर में होगा प्रतिमा का लोकार्पण राज्यसभा के उप सभापति हरवंश भी होंगे शामिल

महाबलिपुरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने तमिलानडु के महाबलिपुरम में आज काफी वक्त साथ बिताया श्री मोदी ने उन्हें इस एतिहासिक स्थल के बारे में जानकारी दी श्री चिनपिंग दूसरी गैर आधिकारिक बैठक के लिए भारत आये हैं दोनों नेताओं के बीच वार्ता आज मामल्लपुरम में ऐतिहासिक स्मारकों के पास टहलते समय शुरू हुई वार्ता कल भी जारी रहेगी दोनों नेता लगभग छह घंटे एक साथ बितायेंगे जिसमें से चालीस मिनट की वार्ता अकेले में होटल ताज फिशरमेन कोव में होगी इसके बाद कुछ समय के लिए शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी राष्ट्रपति षी जिनपिंग के साथ एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल भी आया हुआ है जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य वहां के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल रहेंगे गौरक्षा मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज मंत्रालय में गौ रक्षा और गौ संरक्षण के लिए आमजन से सहयोग प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल का शुभारंभ किया

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि पोर्टल का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि गौ प्रेमी लोग अधिक से अधिक संख्या में गौ रक्षा एवं उनके पालन पोषण में सहभागी बन सकें श्री कमल नाथ ने प्रदेश में एक हजार गौ शालाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसे हर हाल में तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित विभागों की जवाबदेही तय की जाए और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाए

बैठक में गौ रक्षा एवं निराश्रित गायों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना नाम दिया गया है बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में भी बालिकाओं के महत्व पर केन्द्रित कार्यकम हुए गुना जिले में बीलाखेड़ी और बैरखेड़ी गांव में किशोरी बालिका स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया इसके साथ ही आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हए रैली निकाली गई अनूपप्र में जिला कलेक्टर ने लोगों का आहवान किया कि बेटियों के संरक्षण में सभी अपनी अपनी भूमिका निभाए राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने आज राजभवन में कुलपतियों की बैठक में शैक्षणिक कैलेंडर की गतिविधियों सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिये प्रभावी प्रयास करें उन्होंने इसके लिये सभी विश्वविद्यालयों को विशेष कोष का सदस्य बनने का सुझााव दिया भेदभाव केन्द्र लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने केन्द्र सरकार पर मॉनसून के दौरान भारी बारिश से राज्य के क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिये धन नहीं देने का आरोप लगाया उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार गैर भाजपा सरकारों द्वारा शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव कर रही है मंथन यात्रा मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली मंथन यात्रा का शुभारम्भ आज भोपाल के विज्ञान भवन में छात्रों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम से हुआ

इस मौके पर शहर के संजय ड्राइव पर डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा और पार्क का लोकार्पण भी किया जायेगा इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरवंश राज्य के नेताप्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहेंगे

जिसमें हम गांधीजी के प्रदेश प्रवास के संस्मरण और कई जानी अनजानी बातें साझा करेंगे

शिविर में अमेरिका के डॉक्टर सिबन बरीकू डॉक्टर जैकब टेलर डॉक्टर अमर सिंह के साथ ही अहमदाबाद राजकोट बाकानेर बड़ोदरा दिल्ली और भोपाल के डॉक्टरों द्वारा यूरोलॉजी से संबंधित रोगियों के ऑपरेशन भी किये जाएंगे

इस अवसर पर फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया जायेगा

इस आयोजन में शामिल होने वाले लोगों को पर्यावरण सुधार के लिये औषधीय पौधों का वितरण कर उनके संरक्षण का संकल्प भी दिलाया जायेगा महिला क्रिकेट महिला क्रिकेट में आज वडोदरा में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पांच विकेट से हरा दिया है

भारत ने इसी मैदान पर पहला मैच आठ विकेट से जीता था